आगामी एक सितम्बर को देशभर में साढ़े छह सौ स्थानों पर होगी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरूआत

सुचना और संचार टेक्नोलाजी पर आघारित प्रगति प्रणाली के माध्यम से विवार विमर्श करते हुए श्री मोदी ने प्रघानमंत्री जन औषधि परियोजना में हुई प्रगति की भी समीक्षा की विचार विमर्श के दौरान उन्हॉने आयकर से संबंधित शिकायतों के समाधान में प्रगति का जायजा लिया उन्होंने फिर कहा कि इस तरह की तमाम प्रणालियों में टैक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और मानव शक्ति का कम से कम उपयोग होना चाहिए भ्रष्ट अविकारियों पर कार्रवाई में प्रगति का आकलन करते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को सुविघाएं उपलब्ध कराने के लिए आयकर विभाग ने जो विभिन्न पहल की हैं और कदम उठाए हैं उनके बारे में करदाताओं को पर्याप्त जानकारी दी जानी चाहिए श्री मोदी ने रेलवे सड़क और पेट्रोलियम क्षेत्र की नौ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की ये परियोजनाएं आंघ्र प्रदेश असम गुजरात दिल्ली हरियाणा तमिलनाडु ओड़ीशा कर्नाटक पंजाब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चलाई जा रही हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि गरीब और मक्यम वर्ग के लोगों को मदद पहुंचाने के लिए सरकार बीमारियों की रोकथाम पर विशेष ध्यान दे रही है श्री मोदी कल नमो ऐप के ज़रिए वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे थे प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं कम ख़र्चीली होनी चाहिये ताकि हर वर्ग के लोग इसका फ़ायदा उठा सकें अगर परिवार में एक बार बीमारी घ्रस गई तो उस परिवार के सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं कितना ही ताकतवर नागरिक क्यों न हो इन चीजों के लिए यो अपने बलवृते पर कुछ नहीं कर सकता है उसे व्यवस्थाएं चाहिए और हमारा यह मानना है कि प्रीवेटिव हेत्थ केयर्स में भी हमें बल देना चाहिए

प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र को मज़बूत करने की दिशा में जनसहभागिता के महत्व को रेखांकित करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से मतदान और मतदाता सूची के लिए जागरूकता अभियान चलाने का आग्रह भी किया एक नागरिक होने के नाते यह हम सनी का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है हम यह सुनिश्चित करे हमारा ही नहीं हमारे आस पास के लोगों का नाम भी मतदाता सूची में हो ऐसी जागरूकता आवश्यक है मतदान के अधिकार पर हमें गर्व होना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा हमें देश का भविष्य निर्धारित करने का बहुत बड़ा अवसर मिलता है श्री मोदी ने कहा कि यह हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाम लोगों विशेषकर ग़रीबों तक पहुंचे प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और सरकार के प्रयासों से गरीबी की दर घटी है उन्होंने कहा कि देश में उड्डयन क्षेत्र काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है तथा अब और ज़्यादा लोग विमान से यात्रा कर रहे हैं भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है भारत दुनिया में सबसे तेजी से गरीबी मिटा रहा है

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनमोगियों का मंहगाई भत्ता दो प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है इससे क़रीब एक करोड़ दस लाख कर्मचारियों और पेंशनमोगियों को लाम होगा महंगाई भत्ते में यह इज़ाफ़ा सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया है बढ़ी हुई मंहगाई भत्ते की दर पहली जुलाई दो हजार अट्ठारह से लागू होगी राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही कल सुवह ग्यारह बजे युरू हुई विधानसभा में वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस का अनुपूरक बजट और विनियोग क्वियक पारित हो गया अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी विमागों की अनुपूरक अनुदान मांगों का विकरण पेश करते हुए राज्य की पिछली सरकारों और अपनी सरकार के तुलनात्मक आंकड़े पेश किये श्री योगी ने राज्य के सर्वागीण विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्वता दोहराते हुए कहा कि किसानों महिलाओं ग्रामीणों अनुसूवित जाति जनजाति सहित समी वर्गो के विकास के लिए कटिबद्द होने की वजह से यह सबसे बड़ा अनुपूरक बजट है स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री आवास योजना और किसान ऋण मोचन योजना का विरोप रूप से ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस दिशा में सरकार प्रभावी ढंग से काम कर रही है श्री योगी ने कहा कि विगत पन्द्रह माह के दौरान प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र्रो में एक करोड़ पच्चीस लाख और शहरों में तक़रीबन छह लाख बीस हज़ार शौवालय बनाये गये हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आठ लाख पच्चासी हज़ार आवासों का निर्माण किया गया है श्री योगी ने कहा कि प्रदेश के गन्ना किसानों को पच्चीस हज़ार करोड़ रूपये के बक़ाये का भुगतान किया जा चुका है मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अनुपूरक बजट में अटल जी की याद में कई योजनाओं के लिए भी धन अवमुक्त किया गया है जिसके तहत अटल जी के पैतुक गांव बटेश्वर में स्मारक निर्माण तथा उनके पहले संसदीय क्षेत्र बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज बनाया जायेगा इससे पहले विपक्षी दलों ने प्रदेश में बाढ़ की वजह से हुई जनधन हानि का मामला काम रोको प्रस्ताव के रूप में उठाया सदन में आरक्षण के समर्थन में गत दो अप्रैल को मेरठ में प्रदर्शन कर रहे अनुसूवित जाति के लोगों को गंभीर धाराओं में निरूद्व किये जाने का मामला बसपा विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा और सुखदेव राजभर ने उठाया और सरकार से आन्दोलनकारियों पर लगाये गये मुकदमों को वापस लेने का आग्रह किया नेता प्रतिफ्व राम गोविंद चौधरी ने बसपा की इस मांग का समर्थन किया इस बारे में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना के जवाब से असंतुष्ट सपा बसपा और कांप्रेस सदस्यों ने सदन से वॉक आउट किया विधानसभा आज सुबह ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई

विपक्षी दल सपा और बसपा ने कहा कि सरकार को अनुपूरक बजट लाने की कोई जरूरत नहीं थी चर्चा से पहले पीलीमीत के पुलिस अधीक्षक सदन के विरोषाधिकार हनन के मामले में समापति के सामने पेश हुए और माफी मांगी जिसे समापति ने बिना शर्त स्वीकार कर लिया समापति ने इस बारे में सरकार को सभी जिलाधिकारियों और पुलिस प्रमुखों को भविष्य में सदन के सदस्यों के प्रति सम्मान व्यक्त करने तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने का निर्देश दिया परिषद की कार्यवाही आज सुबह ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि आगामी एक सितम्बर को साढ़े छह सौ स्थानों पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीवी शुरू किए जायेंगे इन बैंकों में विशेष रूप से बवत खातें चालू खातें मनी ट्रांस्फर और कारोबारी भुगतान की सुविदाएं रहेंगी श्री सिन्हा ने बताया कि इस वर्ष दिसंबर तक ये बैंक भारतीय राष्ट्रीय भूगतान निगम और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की मदद से ग्रामीण इलाकों में लोगों के घर तक बैंकिंग सुविधाए पहुंचायेंगे श्री सिन्हा ने यह भी कहा कि इस समय डाक घर में बचत बैंक खातों की संख्या सत्रह लाख है और इन खाताधारकों को आईपीपीबी के फायदे पहंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हए श्री सिन्हा ने कहा कि पहली सितम्बर को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा जिसमें प्रधानमंत्री मुख्य अंतिथि के तौर पर शामिल होंगे इस सिलसिले में लखनऊ में आयोजित होने वाले शुभारम्म समारोह में केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने कल समाजवादी सेक्यूलर मोर्चा नाम से एक राजनैतिक मंच का गठन कर लिया है

उन्होंने कहा कि उनकी नवगठित पार्टी किसी भी ऐसे व्यक्ति का स्वागत करेगी जिसे समाजवादी पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है समाजवादी सेक्युलर मोर्चा के गठन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि दो हजार उन्नीस के लोकसभा चुनाव तक इस तरह के मोर्चो का गठन और विघटन होता रहेगा